और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित

लोकसभा चूनाव के छठे चरण के तहत बारह मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है छठे चरण के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में पूर्वी चंपारण से भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में राधामोहन सिंह का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा और कई ऐसे फैसले किये गये जिससे किसानों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी दो हजार बाईस तक दोगुनी करने के लिये प्रतिबद्ध है जदयू अध्यक्ष ने शिवहर संसदीय क्षेत्र के रीगा में भाजपा उम्मीदवार रमा देवी के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया उनके साथ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे श्री कुमार ने गोपालगंज में भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मड़वन में पार्टी प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है श्री यादव ने वाल्मीकिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पश्चिम चंपारण के मंगलपुर बाजार में पार्टी उम्मीदवार संजय जायसवाल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिये एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की इधर वाल्मीकीनगर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी दीपक यादव ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया सातवें चरण के लिये भी प्रचार अभियान तेज हो गया है भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आरा संसदीय क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार राजू यादव के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव लगातार क्षेत्र का सघन दौरा कर अपने पक्ष में लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं वहीं पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती और पुलिस महानिदेशक रैंक से सेवानिवृत्त निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार गुप्ता पटना साहिब क्षेत्र में अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिये जुटे हुए हैं जहानाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी अरूण कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर फैसला आने तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी मूंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय के घोंघसा स्थित बूथ संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर हुई गड़बड़ी के मामले में सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में तैनात प्रताप कुमार की सेवा समाप्त कर दी गयी है जिलाधिकारी की अनुशंसा पर ये कार्रवाई की गयी है बर्खास्त संविदा कर्मी योजना और विकास विभाग में कनीय अभियंता के पद पर लखीसराय में कार्यरत थे उनपर असामाजिक तत्वों द्वारा ब्रथ कब्जा के दौरान विरोध नहीं करने और इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को नहीं देने का आरोप था वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य परिवहन आयुक्त ने मुंगेर के मोटरयान निरीक्षक एमवीआई अनुप कुमार सिंह को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है मुंगेर में चुनाव ड्यूटी में ही लापरवाही बरतने के आरोप में एक कॉलेज के सहायक प्राध्यापक और सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आज मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में मुख्य आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत आठ अन्य की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई इस मामले में गवाहों के बयान भी दर्ज किये गये मामले की अगली सुनवाई अठाईस मई को होगी वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर में अस्तित्व में आयी शिवहर संसदीय क्षेत्र में मुख्य चुनावी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है

भाजपा की रमा देवी और पत्रकारिता से राजनीति में आये राजद के सैयद फैसल अली के बीच जीत हार की असली रस्सा कस्सी दिख रही है रमा देवी जहां इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत के लिए आश्वस्त दिख रही हैं वहीं फैसल अली अपना पहला मुकाबला जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के दावे कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों पक्ष के दिग्गज नेता धुंआधार चुनाव प्रचार कर रहे है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राजद के तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं बागमती की बाढ की विमीषिका रोजगार की समस्या और आधार भूत संरचना के विकास में कमी क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी कसौटी पर जीतने और हारने वालों की यहां परख होती है आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तेज धूप और गर्म हवा के कारण प्रदेश भर में लू जैसे हालात बने हुए हैं अधिकांश क्षेत्रों में पारा चालीस डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान लू चलने का अलर्ट जारी किया है बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है लू की चपेट में आने से बीमार हुए लोग प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि ग्यारह से तेरह मई तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव चार भागलपुर का उनतालीस दशमलव चार और पूर्णिया का छत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इधर भीषण गर्मी को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग एक से आठ तक की कक्षाओं को ग्यारह मई से उनतीस मई तक बंद करने का आदेश दिया है दरभंगा जिला प्रशासन ने भी स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया है अब जिले के सभी विद्यालयों का संचालन दिन के साढ़े दस बजे तक होगा मूजफ्फरपूर जिले के अहियापूर थाना क्षेत्र से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अठासी लाख रूपये मूल्य के साढ़े पांच क्विंटल गांजा के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है बरामद गांजे को तेल टैंकर में छिपाकर लाया जा रहा था शेखपुरा जिले के दो स्कूलों के परीक्षार्थियों को मैट्रिक परीक्षा के संस्कृत विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब में शून्य अंक मिलने का मामला सामने आया है मेहुष और पचना भदौस के दो हाई स्कूलों में परीक्षार्थियों का अंक नहीं मिले हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर इन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में सुधार करने का अनुरोध किया है शेखप्रा जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकंदरा गांव में लोगों ने पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सड़क जाम कर प्रदर्शन किया मधुबनी जिले की एक अदालत ने छब्बीस साल पुराने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरनदाहा मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से बारह से अधिक बच्चे बीमार हो गये सभी बच्चों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है अररिया जिले के कुसहा से एसएसबी ने छह सौ पचास बोतल नेपाली शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित